इस साल का पहला पूर्ण सूर्यग्रहण आज

और प्रदेश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बहत्तर प्रतिशत हुई

छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है योग दिवस आयोजन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हुई टेलीविजन पर दिये संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग स्त्री पुरुष धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है

यह हमारी श्वास प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है साउंड बाईट कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है अगर हमारी इम्युनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारी श्वास प्रणाली को संक्रमित करता है प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे योगाभ्यासों से श्वास प्रणाली मजबूत होती है

हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम को स्ट्रॉग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पापुलर भी है ये प्रभावी भी हैं योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम और इम्युनिटी सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम है घर पर योग परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर ट्वीट संदेश में कहा कि योग शरीर और मन कार्य और विचार तथा मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक स्वीकार्यता मिली है इससे पहले योग दिवस पर सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है लेकिन इस वर्ष कोविड उन्नीस के कारण लोगों को घर पर ही रहकर परिवार के साथ योग दिवस में भाग लेने को कहा गया है मौजूदा कोरोना महामारी के दौर में योग अत्यंत कारगर उपाय प्रमाणित हुआ है इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक आरोग्य तथा रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है आयुष मंत्रालय योग को बढ़ावा देने के लिये मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है इस प्रतियोगिता के लिये लोगों को विभिन्न योगासन करते हुए अपनी वीडियो क्लिपिंग पोस्ट करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है मुंबई फिल्म उद्योग के कई अभिनेताओं ने छठे अंतर्राष्ट्रीययोग दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग किया है कई अभिनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीययोग दिवस के कार्यक्रमों में लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाले संदेशदिए हैं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने आयुष मंत्रालय के सहयोग तैयार एक संदेश में कहा है कि योग से पूरी दुनिया के लोग एकजुट होते हैं तथा शांति और सद्भाव का संदेश देते है साउंड बाईट योग जीवनजीने का नियम और संयम लेकिन योग हमें बांधता नहीं हैबलकि हमें आजाद करता है ताकि हम पूरी दुनियामें प्यार और शांति फैला सकें

देश के कई हिस्सों में आज इस साल का पहला पूर्ण सूर्यग्रहण देखा जा सकेगा यह एक बड़ी खगोलीय घटना है अब से थोड़ी देर बाद सूर्यग्रहण नौ बजकर अंठावन मिनट से शुरू होगा और दोपहर दो बजकर उनतीस मिनट पर समाप्त होगा मुद्रिका की तरह यह सूर्यग्रहण भारत में राजस्थान में अनूपगढ़ और सूरतगढ़ हरियाणा में सिरसा जाखल कुरुक्षेत्र और यमुनानगर उत्तराखंड में देहरादून तपोवन और जोशीमठ क्षेत्र में दिखाई देगा वहीं देश के शेष भागों में आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे सूर्यग्रहण देखने के लिए ध्रप के चश्में सामान्य चश्में एक्स रे शीट का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये सुरक्षित नहीं हैं मंत्रालय ने कहा है कि पानी में सूर्य की छवि देखना भी सुरक्षित नहीं है वेल्डर ग्लास के माध्यम से खूली आंखों से सूर्य को देखा जा सकता है लोग कार्ड शीट में छेद कर इसे सूर्य की दिशा में रखते हुए नीचे सफेद कागज पर सूर्यग्रहण देख सकते हैं प्रदेश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बहत्तर प्रतिशत हो गई है राज्य में अब तक पांच हजार तीन सौ सड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में दो सौ तेरह लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या सात हजार पांच सौ तीन हो गई है पटना में सबसे अधिक तीन सौ छियानवे लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके बाद भागलपुर में तीन सौ इक्यावन और बेगूसराय में तीन सौ सैंतालीस लोग कोरोना संक्रमित पाए गए दो हजार एक सौ छत्तीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है अब तक एक लाख इक्यावन हजार से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है राज्य में कोरोना से अब तक पचास लोगों की मौत हुई है दरभंगा जिले में कोरोना से सबसे अधिक लोग मारे गए हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान औरंगाबाद में बाईस पटना में इक्कीस कटिहार में बीस बांका में अठारह मधुबनी में सोलह समस्तीपुर और सुपौल में पंद्रह पंद्रह दरभंगा में ग्यारह अरवल और गया में दस दस मुंगेर में नौ सिवान में सात जहानाबाद में छह मधेपुरा पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर में पांच पांच भागलपुर पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में चार चार वहीं गोपालगंज वैशाली जमुई लखीसराय नालंदा और सारण में एक एक संक्रमितों की पहचान हुयी है देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की कुल संख्या चार लाख दस हजार चार सौ इकसठ हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख सत्ताईस हजार सात सौ छप्पन है जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक तेरह हजार दो सौ चौवन लोगों की मौत हो चुकी है

नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर देश दीपक ने आकाशवाणी को नई दवाओं के बारे में जानकारी दी

हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव इलाज नहीं है पूरे विश्वभर में इस मामले में रिसर्च बहुत जोरों से चल रही है जो अभी तक बाकी देशों में जो शोध हुए हैं और हमारे देश में भी जो प्रारंभिक शोध हुए हैं उनकी बेसिस में दो दवाईयों को एप्रूवल मिल रहा है और बहुत ही जल्दी ये मार्केट में एविलेवल होगी नई दिल्ली में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर मे स्वयं को आइसोलेट करना और सुरिक्षत दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए

तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए यो इस तरह के रूम में आइसोलेट करे जहां जसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा पूरे प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है जारी अलर्ट में कहा गया है कि प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य हिस्से में भारी बारिश की संभावना है इधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान अररिया में नब्बे मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है साथ ही झंझारपुर में सत्तर मिलीमीटर और बांका में पचास मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून की शुरूआत से हीं हो रही बारिश के कारण धान की खेती के अनुकूल स्थितियां बनी हैं हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि धान की रोपनी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है राज्य की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही वर्षा के कारण प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है उत्तर बिहार की बागमती नदी कई जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है इसके अलावा बेनीबाद में भी बागमती खतरे के निशान को पार कर गयी है इधर नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी नदियों में पानी तेजी से बढ़ रहा है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज में देर रात एक लाख बत्तीस हजार क्यूसेक पानी आ गया है गंडक नदी के जलअधिग्रहण क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है बाढ़ के खतरे को देखते हुये वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के वन्य जीवों के सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया है जिला प्रशासन की ओर से जलस्तर की निगरानी की जा रही है केंद्रीय जल आयोग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज उत्तर बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस में सिपाही के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है सिपाही भर्ती की ये परीक्षा पंद्रह जुलाई को पटना हाईस्कूल में आयोजित किया जायेगा अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवेश पत्र आज से पर्षद की वेबसाइट से लाडनलोड किये जा सकेंगे इस परीक्षा से पहले दस्तावेजों की जांच की जायेगी अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा परीक्षार्थी दो जुलाई तक एडमिट कार्ड की गलतियों में सुधार करवा सकते हैं राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर कुछ शर्तो के साथ श्रावण माह में प्रदेश के सभी मंदिर और ठाकुरबाड़ी में पूजा करने का निर्देश दिया है जारी आदेश में कहा गया है कि मठ और मंदिरों में पैंसठ साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे सावनी पूजा को लेकर बिहार धार्मिक न्यास पर्षद ने शिवलिंग को हाथ से छूने की अनुमति नहीं दी है अर्घा के द्वारा ही जलाभिषेक किया जायेगा मंदिर प्रांगण में केवल शिवलिंग दर्शन की हीं अनुमति होगी बालू के अवैध खनन ढुलाई और भंडारण के खिलाफ पटना भोजपुर औरंगाबाद और रोहतास में छापामारी के दौरान आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसके साथ अवैध बालू लदी चौदह गाड़िया और बारह हजार सीएफटी बालू जब्त की गयी पश्चिम चंपारण और कटिहार जिले में वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गयी अररिया जिले के सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत घूरना में पुलिस ने एक युवक को देशी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है निगरानी विभाग की टीम ने जहानाबाद में सिविल सर्जन कार्यालय के उच्च वर्गीय लिपिक अनिल कुमार को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है लिपिक ने एक चिकित्सक को प्रभारी बनाने के नाम पर रिश्वत की यह राशि ली थी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश के बत्तीस जिले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल प्रवासियों को गांव में ही रोजगार खगड़िया से शुरू हुआ अभियान दैनिक भास्कर ने प्रदेश में जलस्तर के वृद्धि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है मॉनसून की शुरूआत में ही गंगा उफान पर पिछले साल के मुकाबले करीब एक मीटर ऊपर प्रभात खबर की सुर्खी है कोरोना के इलाज के लिये आई दवा एक सौ तीन रूपये की होगी एक गोली आज अखबार लिखता है सावन में शिवलिंग छूने पर रोक और अब अंत में मुख्य समाचार आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है

इस साल का पहला पूर्ण सूर्यग्रहण आज

राज्य में अब तक पांच हजार तीन सौ सड़सठ मरीज हुए स्वस्थ